वही राज्य की स्वास्थ दर निन्यानवे दशमलव छह चार प्रतिशत है

उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मेत्री किरेन रीजिज् भी उपस्थित थे न्यूब् न्यीगाम येरको जिसका शाब्दिक अर्थ है न्यूबू अर्थात पुजारी न्यीगाम अर्थात ब्द्धि एंव ज्ञान रखने वाला व्यक्ति और येरको जिसका अर्थ है शिक्षण संस्थान जनजातीय भाषा और ज्ञान प्रणाली के लिए एक औपचारिक संस्थान है कार्यक्रम को संबोधित करते हए श्री खांडू ने कहा कि यह पहल जनजातीय परंपरा संस्कृति और भाषा के संरक्षण और इन्हें बढ़ावा देने में काफी मदद करेगी उन्होंने ग्रुक्ल जैसे विद्यालय का गठन करने के लिए दोनी पोलो सास्कृतिक एवं चेरिटेबल ट्रस्ट और भूमि का दान करने के लिए पाइ दावे की सराहना भी की

अट्टारह सौ चौरानवे के एंग्लो अबोर य्द्व में ब्रिटिश सैन्य को अबोर पहाड़ में प्रवेश करने से रोकने के दौरान म्त्त्म दारिन देश के लिए शहिद हुए थे आदि बाने केबांग के अध्यक्ष गेतोम बोरांग ने राज्य सरकार से अद्वारह सौ चौरानवे के एंग्लो अबोर युद्ध के सभी शहीदो के बलिदान को पहचान दिलाने का आग्रह किया है

गौरतलब है कि इस अगजनी में एक पांच वर्षीय बच्ची सहित दो व्यक्तियों की मौत और एक सौ चौदह घर पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गए थे

अभियान के दौरान बटालियन ने पांच व्हील चेयर और दस दस हियरिंग एड्स और वाकिंग स्टीक प्रदान किए अभियान के दौरान निश्ल्क चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया और दवाईया वितरित किए गए

प्रतियोगिता का पहला मैच तेज् टाउन क्लब और सियांग य्नाईटेट के बीच खेला गया था जिसमें तेज् टाउन क्लब ने एक शून्य से जीत दर्ज की प्रतियोगिता का आयोजन दोयिन ग्मिन फ्टबॉल प्रशिक्षण केंद्र आदि बाने केबांग महिला विंग की ईस्ट सियांग जिला इकाई के सहयोग से कर रही है

इसका उद्देश्य वनों के महत्व और योगदान के बारे में विभिन्न सम्दायों में जन जागरूकता पैदा करना है इस दिन प्रतिवर्ष सरकारी तंत्र और निजी संगठन मिलकर लोगों को वनों के महत्व और पर्यावरण तथा अर्थव्यवस्था में उनकी भुमिका के बारे में जागरूक करते हैं